परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनावरहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतत्व में शुरु किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री स्कूल के विद्यार्थियों उनके माता पिताओं और शिक्षकों के साथ आने वाली परीक्षाओं के सिलसिले में बातचीत करेंगे कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का कल अंतिम दिन था इस महीने वर्चुअली माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित होगा यह इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी होगी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही चार दिन के अवकाश के बाद आज श्रू होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर कोविड की स्थिति में विदेशों में रह रहे भारतीयों अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के कल्याण के लिए हाल के उपायों पर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे

इनमें पांच सौ अड़तालीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख अठारह हजार नौ सौ सतासी मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार तिरानबे मरीज की मौत कोरोना से हई हैं वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव छह तीन प्रतिशत हैं सांसद जयन्त सिन्हा ने कहा है कि कोविड वैक्सीन को लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधि से लेकर कार्यकर्ता आम लोगों को जागरूक करेंगे श्री सिन्हा ने हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया और स्थितियों की जानकारी ली

रांची के एक होटल में आयोजित स्टेकहोल्डर्स मीट में आज कई कंपनियों के प्रतिनिधि और उद्योग विभाग के अधिकारी शामिल होंगे इस दौरान नई औद्योगिक नीति पर उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी

झारखंड समेत देशभर के सभी सरकारी बैंक कर्मी और अधिकारी आज से दो दिन की हड़ताल पर रहेंगे बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल की घोषणा की हैं हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में जमा निकासी सहित चेक क्लियरेंस और लोन अप्रवल सर्विसेज प्रभावित रहेंगी वहीं एटीएम की शाखांए जारी रहेंगी चतरा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में बायोटेक किसान हब परियोजना के तहत एक दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया

राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं राज्य के आकांक्षी जिले की सूची में शामिल और सबसे छोटा जिला लोहरदगा में कोयले और लकड़ी का विकल्प ब्रिकेट तैयार किया गया है किस्को प्रखण्ड अंतर्गत पाखर पंचायत के तिसिया गांव में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना कर उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है ब्रिकेट ईको फ्रेंडली होने के साथ साथ ताप एवं व्यय जैसे बिंदुओं पर भी कोयला की तुलना अधिक गुणवत्तापूर्ण है

वहीं दूसरी ओर इस ईंधन के प्रयोग से जंगल में सूखे पत्तों के कारण लगने वाली आग में जलावन के लिए लकड़ी की अवैध कटाई पर रोक एवं प्रदूषण स्तर में कमी आएगी

रेल मंत्रालय ने कहा है कि छोटी खेपों के लिए स्टेशनों के विशाल नेटवर्क पर लॉजिस्टिक समाधान उपलब्ध कराया गया है छोटे व्यवसायी और व्यापारी अपने माल के परिवहन के लिए इन सेवाओं का भरपूर उपयोग कर रहे हैं वे विश्वसनीय सस्ते और तीव्र तरीके से बड़े शहरों और उत्पादन केंद्रों से अपने माल का सुगमता से परिवहन कर पा रहे हैं मंत्रालय ने कहा है कि आम जनता भी इन सेवाओं का अपने घरेलू सामान फर्नीचर और दोपहिया वाहनों के परिवहन के लिए उपयोग कर रहे हैं इस व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है कि जीपीआरएस नेटवर्क के माध्यम से पैकेजों के पार्सल स्टेटस के अपडेशन पर नजर रखने के लिए प्रत्येक खेप पर बारकोडिंग की जाएगी रेलवे बुकिंग के समय प्रेषक और पार्सल प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल पर पार्सल की बुकिंग लोडिंग अनलोडिंग से लेकर डिलीवरी तक प्रत्येक चरण के बारे एसएमएस भेजने की सुविधा भी दी गई है

रिकर्व राउण्ड में झारखंड के तीरंदाजों ने मिक्स वर्ग में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया टाटा आर्चरी एकेडमी की कोमोलिका बारी व श्रेय भारद्वाज ने मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया

झारखंड की टीम ने रिकर्व वर्ग में कुल तीन पदक जीते सिमडेगा जिले में चल रही राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल लाइन अप तय हो गया है क्वार्टर फाइनल में आज झारखंड का सामना दिल्ली से होगा जबकि हरियाणा का तमिलनाडू से ओडिसा का पंजाब से बिहार का उतरप्रदेश से मुकाबला होगा